इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष राज्य प्रभारी और अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी इसमें भाग ले रही है पश्चिम बंगाल असम और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को देखते हुए आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है

देशव्यापी तीसरे गहन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के तहत कल पहले चरण की शुरूआत होगी

तीसरे गहन इन्द्रधनुष मिशन का उद्देश्य सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्य सभी टीके उन सभी लोगों को लगाए जाने हैं जिन्हें ये अब तक नहीं लगे हैं इसके तहत सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा हनुमानगढ़ जिले में भी कल से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरूआत होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चिकित्सा विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक़मों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सुबह शाम की गुलाबी सर्दी का दौर जारी है